केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा तीन तलाक प्रथा समाप्त कर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में पचपन करोड़ रूपये से अधिक की छ परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण प्रदेश की कई प्रमुख नदियाँ उफान पर आसपास के क्षेत्रों में बढ़ा बाढ़ का खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की भूटान यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आए हैं कल तीसरे पहर भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते सरेंग ने हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई दी इससे पहले भूटान नरेश ने उनके सम्मान में दोपहर भोज दिया श्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने पनबिजली क्षेत्र से परे ट्विपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्वता व्यक्त की दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विमिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए इन क्षेत्रों में अंतरिक्ष शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और कानूनी शिक्षा शामिल हैं श्री मोदी ने कल सुबह थिम्पू में रॉयल भूटान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि नफरत को खुशहाली से जीता जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के लिए भूटान का संदेश प्रसन्नता है जो सद्भाव से पैदा होती है श्री मोदी ने भूटान की इस बात के लिए सराहना की कि उसने खुशहाली के सार के रूप में सदभाव एकजुटता और करूणा का संदेश विश्व को दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे दोनों देश नए क्षेत्रों में सहयोग के इच्छुक हैं इनमें शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष और डिजिटल भुगतान से लेकर आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते सरेंग ने कहा है कि भारत को आतंकवाद का शिकार नहीं होना चाहिए पारो में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भूटान एक छोटा सा और शांतिप्रिय देश है वह चाहता है कि दुनिया के अन्य देशों में भी खुशहाली और शांति रहे उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर भले ही यह श्री मोदी की सरकारी यात्रा हो लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक दोस्ताना और आध्यात्मिक यात्रा है उन्होंने इस यात्रा को सफल बताया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक की कुप्रथा लंबे समय तक जारी रही उन्होंने कहा कि इसे समाप्त करके एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि उसके हित में लिया नई दिल्ली में तीन तलाक की समाप्ति विषय पर एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि यह कृप्रथा इस्लाम के खिलाफ थी और कई इस्लामी देशों ने पहले ही इसे समाप्त कर दिया था गृहमंत्री ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त करके एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें समानता का अधिकार दिया है श्री शाह ने संसद में तीन तलाक विधेयक का विरोध करने के लिए कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने केवल वोट की राजनीति के लिए इस नए कानून पर सवाल उठाए त्रिपल तलाक की कुप्रथा को ये सामाजिक द्रषण को करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध इतना आदोलन क्यूँ उसके पीछे एक तृष्टिकरण का भाव तृष्टिकरण की राजनीतिक जिम्मेदार है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो भारत कश्मीर के उन हिस्सों पर बात करेगा जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हरियाणा में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही जो आतंकवाद और संख्यण देने पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है और आगे भी जो बातचीत होगी पाक अधिकृत कश्मीतर पर बात होगी और किसी मुद्दे पर नहीं रक्षामंत्री ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाये जाने की चर्चा करते हए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र पर अमल कर रही है यह कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला जिले में कालका से जन आशीर्याद यात्रा को शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था

सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा इस बारे में सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने कल से अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है कश्मीर घाटी के कुछ और इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी गई अलग अलग इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल की जा रही है श्री कंसल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ढील दी गयी थी वहां से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ढील नहीं दी गई थी वहां से दो तीन घटनाओं की खबरें मिली हैं जिन पर स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने काबू पा लिया

जिसमें दो करोड़ साठ लाख रूपये की लागत से सूर्यक्ण्ड स्थल पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास तथा लगभग तिरपन करोड़ रूपये की लागत की पांच परियोजनाओं का लोकार्पण किया जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें बीआरडी मेडिकल कालेज में इलेक्ट्रिक सेफ्टी का कार्य बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज में आरसीसी रोड का निर्माण कार्य गोरखपुर पिपराइच कप्तानगंज मार्ग ग्राम सभा जंगल औराही में सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य तथा डोमिनगढ़ पश्चिम रेलवे के बगल में सम्पर्क मार्ग कार्य शामिल है इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाये तथा शासकीय धन का समय से सद्पयोग हो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर चौबीस घंटे तहसील मुख्यालय पर बीस घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अट्ठारह घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है उन्होंने कहा कि उपर के विद्युत तारों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए अण्डरग्राउंड केविल बिछाने का कार्य चल रहा है उन्होंने स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए कहा कि पालीथीन का प्रयोग पर्यावरण के दुष्टि से प्रतिबंधित कर दिया गया है इसका प्रयोग कदापि न किया जाये इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज जनपद में जापानी इंसेफ्लाइटिस जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया शिविर में आये लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि गत चालीस वर्षो में इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत हो गयी लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से बचाव में स्वच्छता का बड़ा योगदान है उन्होंने स्वच्छता बनाये रखने के लिए खुले में शौच न करने और अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की अपील की

भारी वर्षा और पड़ोसी राज्यों से छोड़े जा रहे पानी के कारण कई नदियां खतरे के निशान के आस पास बह रही हैं बदायूं में कछला पुल पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया कला में शारदा नदी और बाराबकी के एल्ग्रिन ब्रिज पर घाधरा नदी लाल निशान को पार कर गयी है उधर गोण्डा में घाघरा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है इटावा में चम्बल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है हमारे संवाददाता ने बताया बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी के कारण हमीरप्र के कई गांवों और अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है हमीरपुर जनपद में बेतवा और यमुना नदियां उफान पर हैं जिसके चलते एक दर्जन से अधिक गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है साथ ही हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है सड़क संपर्क और यातायात बहाल करने के लिए पंप सेटों से बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है क्षेत्र में बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ